जयपुर जिला प्रशासन की ओर से सुशासन के लिये जनसंवाद कार्यक्रम आज से शुरू

राज्यस्तरीय फृटबॉल प्रतियोगिता आज से दौसा में शुरू

राज्य सभा ने कल रात इसे पास किया लोकसभा इसे पहले ही पारित कर च्यकी है

विधेयक पर राज्यसभा में दस घंटे तक चली बहस का उत्तर देते हुए केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि विधेयक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम है उन्होंने कहा कि विधेयक का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सशक्त बनाना है श्री थवरचंद गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आरक्षण से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्ग के मौजूदा कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है लेकिन उन्होंने इसे लाये जाने के समय पर सवाल उठाये

संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया

इसके लिये पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोब्डे एन वी रमन्ना उदय यू ललित और डी वाई चन्द्रचूड़ शामिल है

इस अभियान का उद्देश्य दुनिया भर से उन भारतीय महिलाओं की पहचान करना है जिन्होंने सामाजिक बदलाव की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेंमाल किया है नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि ब्रेकथ्रू और ट्विटर इंडिया के सहयोग से मंत्रालय ने यह अभियान शुरू किया

इस दौरान वे स्थानीय सरपंच जन प्रतिनिधियों और आम जनता से संवाद कर ग्राम पंचायत क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याओं और परिवेदनाओं को दर्ज करेंगे उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में उपखण्ड अधिकारियों के साथ सम्बंधित पंचायत समितियों के विकास अधिकारी भी मौजूद रहेंगे इसके अलावा आवश्यकतानुसार क्षेत्र से सम्बंधित अन्य विभागों के अधिकारियों को भी जोडा जा सकेगा

उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कृषि तथा सम्बद्ध विभागों के विभागाध्यक्षों को पत्र लिखंकर कहा है कि वे अपने अधीनस्थ सरंथाओं कार्यालयों स्थलों इत्यादि में भूमि की उपलब्धता और तकनीकी उपयुक्तता के मध्यनजर सौर ऊर्जा संयत्र तथा वर्षा जल संरक्षण ढांचा बनवाया जाना सुनिश्चित करे

खान विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने निदेशक खान और भू विज्ञान विभाग को खातेदारी भूमि में खनिज बजरी के खनन पट्टे आवंटन की प्रकिया शुरू करने के निर्देश दिये हैं

उपवन संरक्षक वन्यजीव सुदीप कौर ने बताया कि प्रवासी पक्षियों के आगमन पर पक्षी प्रेमियों और आमजन में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वन विभाग और स्वयं सेवी संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर और जयपुर के निकटस्थ विभिन्न जलस्रोतों पर बर्ड वाचिंग का कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि गत दिनों में जलमहल नाहरगढ़ और खरड़ डेम रायसर में बर्ड वाचिंग कार्यक्रम आयोजित हए जिनमें बच्चों सहित कई लोगों ने उत्साह से भाग लिया

इस सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की मौत के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया था

बाडमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया

दो दिन तक यह यात्रा जिले में ही रहेगी इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य और संतुलित भोजन के लिये जागरूक किया जायेगा

इसके लिये दौसा शहर के तीन फुटबॉल मैदानों का चयन किया गया है प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच मान क्लब मैदान पर आयोजित होगा